स्ट्राइड योजना देश के शैक्षणिक संस्थानों में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने स्ट्राइड नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालयों में युवा प्रतिभा की पहचान कर उन्हें शोध और नवाचार के लिए प्रेरित किया जाएगा

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्ट्राइड योजना के तहत विभिन्न विषयों पर शोध के जरिए विकास को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा

इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा कृषि बागवानी पर्यटन आदि विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक रूप से बहुत ही सम्पन्न राज्य है पर्यटन राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में मेडिसनल प्लांट और हॉर्टीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने पलायन को रोकने के लिए बहत से कार्य किए हैं इसके लिए पलायन आयोग का गठन किया गया है राज्य सरकार द्वारा होम स्टे योजना शुरू की गयी है उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है साथ ही स्किल डेवेलपमेंट के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है प्रदेश में ग्रोथ सेन्टर्स भी विकसित किए जा रहे हैं मुख्य सचिव ने शोको नोदा से शिक्षा स्वास्थ्य एवं कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकि सहयोग उपलब्ध कराने की बात कही शोको नोदा ने उत्तराखण्ड के विकास में हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया

बैठक में हरियाणा उत्तर प्रदेश पंजाब हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने बताया कि कांवड़ मेले को लेकर सभी प्रदेशों की पुलिस समन्वय स्थापित कर काम करेगी उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था ट्रैफिक और किसी तरह का हुड़दंग रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है

उन्होंने कहा कि मेले के दौरान शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जनता दरबार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में आज आम जनता की समस्याओं को सुना

इसके अलावा ऊर्जा सड़क और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें भी जनता दरबार में रखी गईं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों और समस्याओं पर सात दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों को गम्भीरता से लिया जाए और यथासम्भव राहत पहुंचाने की कोशिश की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदकों द्वारा न केवल अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज कराई गई हैं बल्कि बहुत से लोगों ने सुझाव भी दिए हैं इन सभी सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा और राज्यहित में पाए जाने पर इनको क्रियान्वित भी किया जाएगा मौसम प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं साथ ही सभी जिलाधिकारियों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और विभागीय कर्मचारियों की छुट्टियाँ जरुरत के मुताबिक रद्द करने के भी निर्देश दिए गए हैं

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी व्यवस्थाओं के चाक चौबंद होने की बात कही है प्रदेश के जिलाधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फंड की व्यवस्था की जा चुकी है साथ ही कनेक्टीविटी ना होने पर सेटेलाइट फोन के अलावा सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं करंट मृत्यु पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में आज तीन लोगों की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटद्वार में सुबह मूसलाधार बारिश होने के कारण शहर के बीचों बीच बह रहे पनियाली स्रोत गदेरे में जल स्तर बढ़ गया और शहर के काशीरामपुर गांव में घूस गया कोटद्वार के उप जिलाधिकारी मनीष कमार सिंह ने बताया कि गांव के एक मकान से जब तीन युवा बरसाती पानी को बाहर निकाल रहे थे तभी बिजली के करंट की चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी उन्होंने बताया कि मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है दुर्घटना मृत्यु चमोली जिले में जोशीमठ मलारी मोटर मार्ग पर रविवार रात को काली मंदिर भूज गड़ के समीप हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए पांच व्यक्तियों के शव निकाल लिये गए हैं

सभी क्रिकेट मैच खेल कर घर वापस आ रहे थे सोमवार सुबह दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के साथ सेना आईटीबीपी एसडीआरऑफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई राहत और बचाव कार्य में ड्रोन पर्वतारोहण की टीम और डॉग डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया गहरी खाई होने के कारण बचाव राहत दल द्वारा कल एक शव निकला जा सका जबकि आज तीन शवों को खाई से निकाला गया घटना स्थल पर संचार सुविधा न होने के कारण प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा

बाबा भोलेनाथ के ओम पर्वत के दर्शन कर यात्री खद को भाग्यशाली मान रहे हैं

अति दुर्गम इलाकों से होकर गुजरने वाली इस यात्रा को पूरी करने के बाद भी यात्रियों में जोश और उत्साह देखने को मिला यात्रा पूरी कर आए यात्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा उनके जीवन की अद्भुत और अविस्मरणीय यात्रा में से एक है इस बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का छठा दल आज काठगोदाम टीआरसी से पहले पड़ाव के लिए रवाना हो गया

जिलाधिकारी ने कहा कि बिजली पानी और नाली आदि से जुड़ी समस्याएं त्वरित निस्तारण करने वाली होती हैं उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि असहाय निराश गरीब बुजुर्ग और अशिक्षितों के प्रति संवेदनशील बनें